दोगुने पूछे जायेंगे सवाल लेकिन आधे प्रश्नों का ही छात्रों को देना होगा जवाब प्रदेश के सभी प्रखंड कार्यालयों में खोले जायेंगे लोक शिकायत स्कंध

और सर्द पछ्आ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इसका उद्देश्य टीकाकरण शुरू करने की तैयारियों की जांच करना है कोविड कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने बताया कि पूर्वाभ्यास में योजना और कार्यान्वयन के बीच तालमेल की जांच होगी तथा होने वाली समस्याओं का भी पता चलेगा उन्होंने कहा कि इससे कोविड टीकाकरण को लेकर बनाये गये को विन ऐप की बाधा रहित संचालन की भी जांच होगी

इसकी तैयारियां बहुत दिनों से चल रही हैं जो प्रेक्टिकल गाइडलाइन्स जो हैं कि एकवैक्सीन में एक्टिविटी कैसी होगी बूथ किस तरहसे सैटअप किया जाएगा सेशन कैसे किया जाएगा फैशन प्लानिंग कैसेहोगी कौन क्या करेगा क्या डेटा देखाजाएगा लेकिन ये तैयारी डिफरेंट पीसेज में है उसको चलते हुएदेखना है एज ए सीमलैस सिस्टम एज ए सीमलैस अंडरटेकिंग कोटेस्ट करने के लिए अब ये प्रावधान किया है कि सारे देश में एक मौकड्रिल होगी या ड्राईरन होगा जो हमें ये सब जितने स्टेप्स हैं उनकों हम लागू करेंगे और देखेंगे कि कहाकिस तरह से फर्दर इम्प्रवमेंट की जरूरत है जिसके बेस के ऊपर रिफाइंडमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिककिया जाएगा आज का पूर्वाभ्यास बिहार सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा इस कार्यक्रम में निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर कर्मचारियों के अलावा लाभार्थियों के रूप में कुछ चुनिंदा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समूह शामिल होंगे पूर्वाभ्यास में प्रत्येक केंद्र पर पच्चीस लाभार्थियों की जांच होगी बिहार में पटना के साथ साथ बेतिया और जमुई में भी टीके का ड्राई रन होगा ड्राई रन का आयोजन संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में पूरा होगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने बताया कि पूर्वाभ्यास को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

तीनों केन्द्रों पर पचहत्तर लोगों को वैक्सीन देने का पूर्वाभ्यास होगा जमुई जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजेन्दर सत्यार्थी ने कहा कि टीकाकारण के पूर्वाभ्यास में चरण दर चरण हर प्रक्रिया को देखा जायेगा

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ठीक होने की दर संतानवे दशमलव पांच सात प्रतिशत है इस वैश्विक महामारी से अब तक राज्य में एक हजार चार सौ लोगों की मौत हुई है इधर पिछले दिनों ब्रिटेन से लौटने वाले लोगों की पहचान का काम जारी है दो सौ छब्बीस में से दो सौ दो यात्रियों की पहचान हो चुकी है एक सौ सत्ताईस लोगों के सैंपल लिये जा चुके हैं अब तक प्राप्त रिपोर्ट में किसी भी यात्री को कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है जाने माने चिकित्सक मानस कमल सेन ने लोगों से कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है उन्होंने सर्दियों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है

जितने भी हमारे दिशा निर्देश हैं इस विषय में जैसे सामाजिक दूरी बरकरार रखना हाथ का धोना और मास्क का सही इस्तेमाल करना इसको हमें सदैव मन में रखते हुए तब आगे बढ़ना है जहां तक हो सके भीड़ से हमें दूरी बनाए रखना है पटना रिथत इंदिरा गांधी आयूर्विज्ञान संस्थान में आज से पोस्ट कोविड ओपीडी की शुरूआत होगी अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि ओपीडी में कोविड से स्वस्थ हो चूके रोगियों में आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का इलाज होगा ओपीडी में विभिन्न विभागों के चिकित्सक एक साथ मौजूद रहेंगे केंद्र सरकार ने आठ जनवरी से भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ान फिर शुरू करने का फैसला किया है हाल में ब्रिटेन में कोविड उन्नीस के नए रूप के प्रसार को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच उड़ानें बंद कर दी गई थीं नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच तेईस जनवरी तक प्रति सप्ताह तीस उड़ानें संचालित होंगी दोनों देशों की विमानन कंपनियां प्रति सप्ताह पंद्रह पंद्रह उड़ानें संचालित करेंगी भारत से केवल दिल्ली मुंबई बेंगलुरु और हैदराबाद से उड़ानें रवाना होंगी केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और उसकी सेवाएँ दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने यह घोषणा की उन्होंने कहा कि इससे केंद्रीय पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ बीएसएफ सीआईएसएफ के युवा जवानों को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी सेवा की प्रकृति ऐसी है कि वे अपना दायित्व निभाते हुए दिव्यांगता का शिकार हो सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया है अब वस्तुनिष्ठ लघु और दीर्घ उत्तरीय खंडों में दोगुने सवाल होंगे लेकिन छात्रों को आधे प्रश्नों का ही जवाब देना होगा बोर्ड ने मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर छात्रों को नये प्रश्न पत्र के प्रारूप की जानकारी दी है बोर्ड ने छात्रों को मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर अभ्यास करने की सलाह दी है प्रदेश के सभी प्रखंड कार्यालयों में लोक शिकायत स्कंध खोले जायेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया है विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री कुमार ने अधिकारियों को लोक सेवाओं को और बेहतर तथा जनसुलभ बनाने की दिशा में हर आवश्यक कदम उठाने को कहा साथ ही उन्होंने जीविका दीदियों को सभी जिला अस्पतालों की कैंटीन में भोजन के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हर जीविका दीदी का बीमा करवाने के लिये कार्ययोजना बनाने को भी कहा है राज्य सरकार ने अंचलाधिकारियों और अंचल में तैनात भू राजस्व अधिकारियों को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों को जमीन से जुड़े मामलों और आपदा प्रबंधन को छोड़कर अन्य सरकारी कार्यों में नहीं लगाया जाए वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिये परिवहन विभाग विशेष कोष का निर्माण करेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को रिवॉल्विंग फंड के गठन का निर्देश दिया अभी दुर्घटना में मौत होने पर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है परिवहन विभाग ने बीएस फोर वाहनों के ऑनर ब्रुक में संशोधन को मंजूरी दे दी है अब नाम पिता का नाम और पता में गड़बड़ी होने पर सुधार करवाया जा सकता है हालांकि वाहन मालिक की जन्म तिथि में संशोधन नहीं होगा सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी हुई है हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है कई स्थानों पर तापमान में औसत से दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों तक मौसम के रूख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा चार जनवरी से राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिये शिवहर नगर पंचायत को केन्द्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नगर पंचायत के अध्यक्ष अंशुमान नंदन सिंह और कार्यपालक पदाधिकारी को सम्मानित किया शिवहर नगर पंचायत ने योजना के कार्यान्वयन में बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है वहीं देश में बेहतर प्रदर्शन के लिये चयनित पांच नगर निकायों में भी शिवहर शामिल है कैमूर जिले में मोहनिया थाना क्षेत्र में दो वाहनों की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गयी पूलिस ने बताया कि कटरा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तीस पर पिकअप वैन और ईंट लदी ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गयी

पिकअप वैन पर सवार लोग नये साल के अवसर पर पिकनिक मनाने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे वहीं बेगूसराय के कपसिया चौक के पास सड़क हादसे में एक एम्ब्रलेंस चालक की मौत हो गई दूसरी तरफ पटना जिले के दनियावां के ब्रह्मस्थान के पास गश्ती के दौरान एक ट्रक की चपेट में आने से होम गार्ड के एक जवान की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया वहीं जिले के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुये एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गये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 हिन्दुस्तान ने लिखा है कोविशील्ड टीके के आपात इस्तेमाल की सिफारिश दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है अगले हफ्ते शुरू हो सकता है टीकाकरण दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है बिहार में सियासी संकट नहीं हम चुनौतियों पर नहीं सोचते प्रभात खबर लिखता है कोरोना की बंदिशें हटने के बाद दोगुने उल्लास से मना नया साल दैनिक आज ने लिखा है मुकेश अंबानी और आरआईएल पर सेबी ने लगाया चालीस करोड़ रूपये का जुर्माना राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है अररिया से दिल्ली जा रही बस उन्नाव में कंटेनर से टकराई पांच की मौत और अब अंत में मुख्य समाचार कोविड टीकाकरण को लेकर आज बिहार सहित देशभर में होगा पूर्वाभ्यास

दोगुने पूछे जायेंगे सवाल लेकिन आधे प्रश्नों का ही छात्रों को देना होगा जवाब प्रदेश के सभी प्रखंड कार्यालयों में खोले जायेंगे लोक शिकायत स्कंध

और सर्द पछ्आ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी